प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बैठक में मौजूद कांग्रेस बिहार में ग्यारह सीटों पर चुनाव लड़ेगी

भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में इस समय महत्वपूर्ण बैठक चल रही है बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने की सम्भावना है इस सूची में ग्यारह अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान वाले इक्यानवे क्षेत्रों के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के अन्य शीर्ष नेता बैठक में भाग ले रहे हैं इधर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी बिहार में ग्यारह लोकसभा सीटों पर चूनाव लड़ेगी नई दिल्ली में पार्टी चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये जानकारी दी पार्टी चुनाव समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को उम्मीदवारों के चयन के लिये अधिकृत किया है बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में आठ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पार्टी की जारी पहली सूची में गोपालगंज हाजीपूर बक्सर सासाराम काराकाट औरंगाबाद नवादा और बांका लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों के नाम घोषित किये गये हैं गौरतलब है कि महागठबंधन में सम्मानजन सीटें नहीं मिलने के बाद बसपा ने राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने आज दावा किया कि पार्टी पांच सीटों पर चुनाव लड़ेगी मोर्चा के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुये श्री मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को यदि पांच सीटें मिल जाती है तो महागठबंधन में जारी गतिरोध समाप्त हो जायेगा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह चुनावों के दौरान धन बल के दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए वचनबद्ध है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में कहा कि आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्होंने यह भी कहा कि धन बल के दुरूपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से साफ सुथरे चुनाव कराना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है वरिष्ठ भाजपा नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा है कि उसके पास एनडीए सरकार के खिलाफ कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है फेसबुक पर एक पोस्ट में श्री जेटली ने आरोप लगाया कि वास्तविक मुद्दों के अभाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न केवल अपनी पार्टी का बल्कि समूचे विपक्ष का नेतृत्व झूठे और मनगढ़ंत मुद्दों के जरिए कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राफेल बालाकोट न्यायमूर्ति लोया की मृत्यु बैंक ऋण माफी जेएनयू के मुद्दे ईवीएम जीएसटी विमुद्रीकरण और नीरव मोदी और विजय माल्या या आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा जैसे सभी मुद्दे निराधार साबित हुए हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में चलाये जा रहे जांच अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर चलाये जा रहे अभियान में तेरह अस्त्र शस्त्र इकतालीस कारतूस और एक स्थान पर बम बरामद किये गये हैं तीन लाख छप्पन हजार लीटर से अधिक शराब जब्त की गयी है वहीं वाहनों की जांच के दौरान आठ लाख नब्बे हजार रूपये जुर्माना वसूल किया गया सीतामढ़ी जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बिना अनुमति जिले के बाहर जाने और फोन किये जाने पर जवाब नहीं देने वाले पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है अररिया जिले में आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न स्थानोंपर रैली निकाली गयी जिसमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारियों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया औरंगाबाद जिले के हसपुरा में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया वहीं दरभंगा के सिंहवारा पंचायत स्थित लहोरिया पोखर में मजदूरों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया रोहतास जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली सजाओ और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इधर शिवहर में चुनाव पाठ्यशाला का आयोजन कर लोगों को चुनाव के महत्व के बारे में बताया गया बक्सर जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं की सुविधा के लिए किये जा रहे इंतजाम का जायजा लिया चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल या स्वतंत्र प्रत्याशी की ओर से डमी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी ऐसे उम्मीदवारों की पहचान के लिए निर्वाची पदाधिकारियों को उड़न दस्ता दल गठित करने को कहा गया है वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र के बहेलोपुर दियारा इलाके में आज तड़के स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में तीन कुख्यात अपराधी मारे गए अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि मारे गए सभी अपराधी कुख्यात मनीष सिंह गिरोह के सदस्य हैं गिरोह ने आसनसोल कोटा समेत कई जगहों पर सोना लूट कांड समेत कई अन्य बड़ी अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके पर से दो एके सैंतालीस राइफल रेगुलर राइफल पिस्तौल समेत अन्य हथियार बरामद किए हैं शिवहर जिले के श्यामपूर भटहां थान क्षेत्र में शराब तस्कर और उसके सहयोगियों को पकड़ने गयी पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया बताया जाता है कि श्यामपुर भटहां के फुलकाहा इलाके में कुछ लोग कल रात शराब पीकर उत्पाद मचा रहे थे जिन्हें पुलिस पकड़ने गयी थी उपद्रवियों के हमले में छह पुलिसकर्मी घायल हो गये जबकि पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गयी पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि आठ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है जमुई जिले के चकाई थाना के हिन्दला जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुये मुठभेड़ के बाद हिरासत लिये गये तीन संदिग्ध लोगों को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने चरकापत्थर एसएसबी कैम्प का घेराव किया हथियारों से लैस आक्रोशित लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत किया शेखपुरा में शेखपुरा बरबीघा मुख्य मार्ग पर टाटी पुल के पास एक निजी बैंक के कर्मचारी से अपराधियों ने हथियार के बल पर पांच लाख रुपये लिया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कटिहार मंडल कारा के जेल अधीक्षक अमरजीत सिंह ने अवैध तरीके से कैदियों तक प्रतिबंधित सामान पहुंचाने के आरोप में और ड्यूटी पोस्ट से लगातार गायब रहने को लेकर कक्षपाल नंद जी सिंह को निलंबित कर दिया है वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के नगमा गांव से पुलिस ने एक ट्रक से चार सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले को महुआ थाना क्षेत्र के छतवारा गांव से पुलिस ने अस्सी कार्टन विदेशी शराब जब्त की है इधर कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के धन्नीपुर गांव के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन से दो सौ चौरासी कार्टन विदेशी शराब बरामद की मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये वहीं शेखपुरा जिले में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटना में दो ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई जबकि बारह से अधिक लोग घायल हो गए हैं पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने आज शेखपुरा में बाल मैत्री अदालत का उद्घाटन किया इस अदालत का मकसद बालक बालिकाओं को मैत्रीवत माहौल उपलब्ध कराकर न्याय दिलाना है इसके तहत पीड़ित बच्चों को परंपरागत अदालतों से दूर रखकर मैत्रीपूर्ण माहौल उपलब्ध कराया जायेगा गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मुहल्ला में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की झुलसकर मौत हो गयी जबकि दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये कैमूर जिले में सोनहन थाना क्षेत्र के कीर गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी जबकि पांच लोग घायल हो गए घायलों में तीन की स्थिति गंभीर बतायी जाती है पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने बताया कि मौके से चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बैठक में मौजूद कांग्रेस बिहार में ग्यारह सीटों पर चुनाव लड़ेगी